श्रोताओंसे अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें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

मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें देश में कोविड की स्थिति के बारे में मंत्रीपरिषद की आज बैठक होगी जिसकी अध्यक्षता प्रधानमत्री नरेन्द्र मोदी करेंगे

कोविड महामारी की दूसरी लहर के बाद मंत्रीपरिषद की यह पहली बैठक होगी बैठक के दारान देश में तीसरे चरण के टीकाकरण अभियान सहित कई अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्द्वन ने कहा कि कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म बिना किसी तकनीकी बाधा के काम कर रहा है

इसके तहत नया निवेश कर मेडिकल ऑक्सीजन बनाने वाले उद्यमों को विभिन्न परिलाभ और सुविधाएं दी जाएगी

साथ ही केन्द्रसरकार के संबंधित विभागों से भी जरूरी स्वीकृतियां दिलवाने बिजली और पानी के कनेक्शन की व्यवस्था जल्द उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार विशेष सहयोग देगी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उद्योग विभाग को इस पैकेज का कियान्वयन करने के निर्देश दिए है

श्री गहलोत ने बताया कि उन्होंने केन्द्रीय मंत्री और अधिकारियों से राजस्थान को सक्रिय मामलों की संख्या के अनुपात में ऑक्सीजन और जरूरी दवाइयां उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया है जिससे इस संकट को टाला जा सके

इसके साथ ही अब तक चार लाख सात हजार से अधिक लोग इस बीमारी से स्वस्थ हो चुके हैं

भारत बायोटेक ने कहा है कि यह फैसला सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था के सामने कई चुनौतियों को देखते हुए किया गया हैं

इसका विकास केन्द्रीय आयूर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किया है